लोकसभा में एसपीजी संशोधन विवेयक पारित गृह मंत्री अमित शाह ने कहा संशोधन से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी लखनऊ में दो दिवसीय सैंतालिसवीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस आज से होगी शुरू पुदुवेरी की उप राज्यपाल किरन बेदी करेंगी उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर वृंदावन में विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में मंदी का दौर नहीं है और सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई ठोस उपाय कर रही है देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर अल्पकालीन चर्चा के दौरान कल राज्यसभा में उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार बैंकों की पूंजी में वृद्वि और कई नीति संबंधी फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आयेगी वित्तमंत्री ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विकास दर धीमी हुई है लेकिन सरकार इस मामले की चुनौतियों से परिचित है बहस में भाग लेते हुए कांप्रेस के आनंद शर्मा ने अर्थव्यवस्था में मंदी के लिए सरकार की गलत नीतियों और फैसलों को जिम्मेदार बताया उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के कई मानदंड खतरे का संकेत दे रहे हैं लोकसभा ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप एसपीजी संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया है विधेयक के अनुसार अब प्रधानमंत्री और उनके साथ रहने वाले परिजनों को एसपीजी सुरक्षा मिलेगी पूर्व प्रधानमंत्री और उनके साथ सरकारी आवास में रहने वाले परिजनों को भी पांच वर्षों तक एसपीजी सुरक्षा मुहैया करायी जायेगी विवेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक को राजनीतिक बदले की भावना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए उन्होंने स्पष्ट किया कि गांधी परिवार की सुरक्षा को हटाया नहीं गया है उसे जेड प्लस श्रेणी में बदला गया है शाह ने कहा कि यह फैसला खतरे के बारे में समुचित आकलन के बाद ही किया गया है विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पुराने अधिनियम के अनुसार एसपीजी कवच केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ही था एस पी जी प्रोटेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्य जो उनके साथ अधिकृत प्रधानमंत्री निवास पर रहते हैं उनके लिए ही उपलब्ध होगा और कोई पूर्व प्रधानमंत्री और अपने परिवार जो सरकार द्वारा आवंटित आवास पर रहते हैं उनको पांच साल की अवधि तक एस पी जी प्रोटेक्शन उपलब्ध होगा विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि अब लोगों की सुरक्षा का आकलन वैज्ञानिक विश्लेषण की बजाय राजनीतिक आधार पर किया जा रहा है केन्द्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार प्याज की कीमते कम करने के हर सम्मव प्रयास कर रही है कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि प्याज की कीमतों के बारे में सरकार चिन्तित है और केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पांच मंत्रियों का एक दल इस स्थिति पर गहन विचार कर रहा है उन्होंने बताया कि मानसून में देरी के कारण प्याज के उत्पादन में छब्बीस प्रतिशत की गिरावट आई है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तैनात अतिरिक्त सुरक्षाबलों को हटा लिया गया है अब उतने ही सुरक्षाबल तैनात हैं जितने उन्नीस सौ नबे में थे कल नई दिल्ली में एक समारोह में श्री शाह ने कहा कि अनुछेद तीन सौ सत्तर हटाए जाने तक कश्मीर में आतंकवाद को हरा पाना असंभव था पांच सैनिक स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र में लड़कियों के लिए कक्षा छह से प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण खुल गया है ये स्कूल कर्नाटक के बीजापुर महाराष्ट्र के चंद्रपुर उत्तराखंड के घोड़ाखाल आंध्र प्रदेश के कलिकिरी और कर्नाटक के कोडाग् में हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डब्लू डब्लू डब्लू डॉट सैनिक स्कूल एडमीशन डॉट इन पर उपलब्ध है पंजीकरण की अंतिम तिथि छः दिसंबर है परीक्षा अगले साल पांच जनवरी को आयोजित की जाएगी अक्टूबर माह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त हुई सीट के लिये भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा की इस रिक्त सीट पर बारह दिसम्बर को चुनाव कराया जायेगा सपा सांसद आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा के रामपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की यह सीट खाली हो गई थी लखनऊ में आज से सैंतालिसवां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन शुरू हो रहा है दो दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन पुदुचेरी की उप राज्यपाल और पूर्व आई पी एस अधिकारी किरन बेदी करेंगी केन्द्रीय गृह मंत्री अभित शाह कल समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे इस सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है

आयोजन समिति की सचिव और पुलिस की अपर महानिदेशक रेष्का मिश्रा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि जिन मुद्दों पर दो दिनों के दौरान चर्चा होगी उनमें पुलिस सुधार सोशल मीडिया का धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद रोकने में इस्तेमाल और पुलिसबलों के रवेये को बेहतर किये जाने जैसे बेहद प्रासंगिक विषय शामिल हैं पुलिस मुख्यालय भवन में इस मौके पर पुलिस के कामकाज से जुड़ी आधनिक तकनीक और उत्पादों से संबंधित एक प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर मथुरा जनपद के वृदावन भ्रमण पर पहुंचेंगे जहां वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और विवरण हमारे संवाददाता से राष्ट्रपति भगवान श्रीकृष्ण की लीला स्थली दृदावन में रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम चौरिटेबल हॉस्पिटल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे जहां वह प्रवृद्ध लोगों को संबोधित भी करेंगे इसके बाद राष्ट्रपति बांके बिहारी मंदिर जाएगे और बिहारी जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे इसर्क अलावा राष्ट्रपति निकंज वन आश्रम भी जाएगे लाखों स्कूली छात्रों के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने वाले अक्षयपात्र फाउंडेशन का भी राष्ट्रपति भ्रमण करेंगे जहां वे बच्चों को अपने हाथों से भोजन कराएंगे साथ ही वे राष्टा कृन्दावन चंद्र मंदिर भी जाएंगे कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद राष्ट्रपति दोषहर बाद आगरा हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करेंगे जहां से वह वापस नई दिल्ली चले जाएंगे राष्ट्रपति के श्रमण के मद्देनजर यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं बाहरी जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बलों को बुलाया गया है आकाशवाणी समाचार के लिए मथुरा से मैं मुल्तान सिंह यादव कांग्रेस ने रायबरेली से पार्टी विधायक अदिति सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की याचिका विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष दाखिल की है कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने बताया कि अदिति सिंह को अनुशासनहीनता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया पार्टी ने उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को याचिका सौंपी है कांग्रेस ने बीते रविवार को ही अपने दस वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया है पावरलूम ब्नकरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सस्ती और निर्वाध बिजली उपलब्ध कराई जायेगी वहीं सरकारी संस्थाएं पच्चीस प्रतिशत की खरीद बुनकरों से करेंगी प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रदेश भर से आये पावरलूम बुनकरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि बुनकरों को समय से भुगतान कराने के लिये प्रमावी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी उन्होंने बुनकरों से क्लस्टर बना कर काम करने के लिये कहा सिद्वार्थनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों को कच्चे माल से लेकर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी इससे छोटे छोटे कारीगरों को काफी सहूलियत होगी उन्होंने बताया कि सस्ते लोन के लिये सिडबी और बैंक ऑफ बड़ौदा से समझौता किया गया है प्रदेश के जंगलों में बाघों की गणना का कार्य पांच दिसंबर से शुरू होगा

पीलीमीत टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एच राजा मोहन ने बताया कि पहले चरण में पांच दिसंबर से किशनपुर सेंचुरी में बाघों की गणना शुरू होगी दूसरे चरण में पीलीमीत टाइगर रिजर्व में अगले वर्ष एक जनवरी से बाधों की गिनती का कार्य शुरू होगा तीसरे चरण में द्धवा नेशनल पार्क और चौथे चरण में कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की गणना की जाएगी श्री राजा मोहन ने बताया कि गणना के दौरान जंगल में लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होगा